दो मई को की जाएगी मतों की गिनती मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा नए वित्तीय वर्ष के पहले महीने में ही पूरी कर ली जाएगी बालू घाटों की नीलामी बंदोबस्ती की प्रक्रिया कोन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दी विकास वित्त संस्थान की स्थापना को मंजूरी बाजार से बड़ी राशि जुटाने में मिलेगी मदद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

हाथ और मुंह साफ रखें

दो मई को मतों की गिनती की जाएगी चुनाव आयोग ने आज इस सम्बन्ध में अधिसुचना जारी कर दी है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि नये वित्तीय वर्ष के पहले महीने में ही बाल घाटों की नीलामी बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी श्री सोरेन आज विधानसभा में विपक्षी विधायकों द्वारा बालुघाटों की नीलामी करने की मांग को लेकर हंगामा किए जाने के बाद सदन को सम्बोधित कर रहे थे इस बीच भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब तक बालू घाटों की नीलामी नहीं हो जाती है तब तक पीएम आवास योजना अंबेडकर आवास या अन्य निजी गृह निर्माण के लिए उपयोग में लायी जाने वाली बालू की दलाई को मुफ्त रखा जाए सदन में प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य सरकार बालू की बिक्री ऑनलाइन करने की दिशा में काम कर रही है

वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व राशि का इस्तेमाल किसी सरकारी योजना के लिए नहीं कर रही है राज्यसभा में आज पूरक प्रश्नों के जवाब में श्री ठाकुर ने कहा कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत निजी कंपनियों द्वारा दी गई राशि का इस्तेमाल मुख्यतः कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा विशेष स्थानीय और क्षेत्रीय कार्यक्रमों के लिए किया जाता है राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि अगले चार वर्षो में चौबीस लाख लोगों को कृषि कार्य से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इसके अलावा किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है श्री बादल आज रांची में पश्पालन विभाग द्वारा आयोजित रिफ्रेशर कोर्स सह प्रशिक्षण कार्यक्रम के उदघाटन के अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि लोगों को खेती के साथ साथ पशपालन के लिए भी प्रोत्साहित किया जाने की कोशिश की जा रही है मंत्री ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के लाभ को आम आदमी तक पहँचाना ही राज्य सरकार का उद्देश्य है इस अवसर पर विभाग की निदेशक श्रीमती नैंसी सहाय ने मुख्यमंत्री पश्धन योजना की चर्चा करते हुए कहा कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी

आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस संस्थान से बाजार से बडी राशि जुटाने में मदद मिलेगी उन्होंने यह भी बताया कि यह संस्थान दीर्घावधि कोष में भी सहायक होगी

उन्होंने बताया कि इसके लिए शुरूआती अनुदान पांच हजार करोड रूपए का होगा श्रीमती सीतारामन ने बताया कि सरकार इस संस्थान को कुछ प्रतिभूतियां जारी करने पर भी विचार कर रही है जिससे कोष की लागत कम हो सकेगी केंद्र सरकार ने आज फिर कहा कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में कहा कि रेलवे देश की सम्पत्ति है और हमेशा रहेगी

उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है श्री गोयल ने बताया कि पिछले दो साल में रेल दुर्घटनाओं में किसी यात्री की मौत नहीं हई चतरा जिले के नक्सल प्रभावित लावालौंग थाना क्षेत्र में आज सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान के दौरान सात शक्तिशाली केन बमों को बरामद किया है जिले के अपर पुलिस अधीक्षक अभियान निगम प्रसाद ने बताया कि ये सभी बम पांच पांच किलो के थे और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर लगाए थे मौके पर पहंचे बम निरोधक दस्ते की टीम ने इन बमों को निष्क्रिय कर दिया इधर खूंटी जिले की पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के दो लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि इसके पास से एक सिंगल बैरल देशी पिस्टल और दो गोलियां मिली हैं सरकार ने कहा है कि पांच राज्यों महाराष्ट्र पंजाब कर्नाटक ग्रजरात और तमिलनाड् में कोविड महामारी के नए मामलों में दैनिक बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है

इनमें झारखंड राजस्थान चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर ओडिशा लक्षद्वीप सिक्किम लद्दाख मेघालय मणिप्र त्रिपुरा नगालैंड मिजोरम और अरूणाचल प्रदेश शामिल हैं कोविड टीकाकरण अभियान में भारत एक के बाद एक नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है

अब तक देशभर में कुल तीन करोड़ उनतीस लाख सैंतालीस हजार कोविड टीके लगाए जा चुके हैं देश में पिछले चौबीस घंटों में कोविड के चौबीस हजार चार सौ बानबे नए मामले दर्ज किए गए हैं

देश में अब तक एक करोड़ दस लाख सत्ताईस हजार पांच सौ तैंतालीस लोग ठीक हुए हैं

मृतकों की कुल संख्या एक लाख अन्ठावन हजार आठ सौ छप्पन हो गई है पाकुड़ जिला मुख्यालय स्थित कृषि भवन में आज किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया गया इस दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने खेती के जरिए आय दुगुनी करने की जानकारी दी इस प्रशिक्षण का उदघाटन जिला कृषि पदाधिकारी ने किया लोहरदगा जिले में पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है

यह जानकारी खेलकद पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग ने धनबाद के विधायक राज सिन्हा के एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी है

इनमें से एक को नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया है बाकी बचे खिलाडियों को भी जल्द ही नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा इसके अलावा जल्द ही कई और खिलाड़ियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी गुमला जिले के आज झारखंड उच्च न्यायालय में विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित अवमानना वादों और जनहित याचिकाओं से सम्बंधित मामलों की समीक्षा की गयी इस बैठक की अध्यक्षता जिले को उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने की इस दौरान उपायुक्त ने सभी लंबित वादों को एक सप्ताह के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया

उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार लोगों तक पहुंच नई दवाए और वित्तीय सहायता जैसे कई महत्वपूर्ण कदम पहले ही उठा चुकी है श्री नायडू ने लोगों की आदतों में बदलाव लाने के लिए जागरूकता बढाने पर जोर दिया मौसम केंद्र ने अगले तीन दिनों में रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों के तापमान में वृद्वि की संभावना जताई है

केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले तीन दिनों में रांची के उच्चतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है